आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दुरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार के सभी अंग देश मे कोविड की स्थिति से निपटने के लिए तेज़ी से और मिलकर काम कर रहे है आज मंत्रि परिषद की बैठक के दौरान श्री मोदी ने केन्द्रीय मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के सम्पर्क में रहने उनकी मदद करने और उनकी बात सुनने की अपील की उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात पर ज़ोर दिया कि स्थानीय स्तर पर म्श्किलों का तेज़ी से पता लगाकर उन्हें दूर किया जाये देश में कोविड़ की दूसरी लहर के कारण पैदा हुई स्थिति का जायज़ा लेने के लिए ब्लाई गई वर््अल बैठक मे कहा गया कि पूरे विश्व के लिए कोरोना महामारी ने एक बड़ी च्नौती पेश की है बैठक के दौरान केन्द्र राज्य सरकारों और भारतीय लोगों के सांझा प्रयासों से टीम इंडिया की भावना से कोविड के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई का जिक्र भी किया गया प्रधानमंत्री को बताया गया कि केन्द्र राज्यों के साथ तालमेल बनाकर कोरोना मरीज़ों के लिए सुविधाओ में वृद्धि कर रहा है केन्द्र सरकार ने देश में जीवनरक्षक दवा रेमडेसिविर की कमी को पूरा करने के लिए अन्य देशों से इसका आयात श्रू कर दिया है

केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी एचएलएल लाईफ केयर लिमिटेड ने अमरीकी कंपनी मेसर्स जीलीड़ साइसिस और मिश्र की फार्मा कंपनी मेसर्स इवा फार्मा से इस इंजैक्शन की साढ़े चाल लाख शीशीयां मंगवाई है

मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने देश में रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है

श्री विज ने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हए बताया कि केंद्रीय उड़डयन मंत्री हरदीप प्री ने इन कंसंट्रेटर को अमेरिका से हवाई जहाज में निशुल्क लाने पर अपनी सहमति प्रदान की है श्री विज ने बताया कि उक्त फाउंडेशन ने हरियाणा को अन्य आवश्यक सहायता भी देने का आश्वासन दिया है

इसके साथ ही राज्य सरकार दवारा उड़ीसा से भी ऑक्सीजन के अतिरिक्त टैंकर मंगवाए जा रहे हैं इससे राज्य के अस्पतालो में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हए हरियाणा के नौ जिलों में सप्ताह अंत पर तालबंदी लागू कर दी है यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा

जिन जिलों में सप्ताह अंत पर तालबंदी लगाई गई है उनमें पंचकूला ग्रुग्राम फरीदाबाद हिसार सोनीपत रोहतक करनाल सिरसा व फतेहाबाद शामिल हैं इन्हीं जिलों में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं हरियाणा प्रलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि हरियाणा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये आदेश जारी किया है तालाबंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी हरियाणा प्लिस तालाबंदी को पूरी तरह से सख्ती से लागू करेगी

उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने सिरसा सोनीपत व रेवाड़ी जिले में छापेमारी करके ऑक्सीजन व दवाईयां बरामद की है

हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दवारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हए कोविड मरीजों के लिए अस्पताल में बिस्तरों और ऑक्सीजन की खपत को तर्कसंगत बनाने के प्रोटोकॉल का सख्ती से अन्पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय्क्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया है एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि इस समिति के अध्यक्ष उपायुक्त होंगे जबकि सिविल सर्जन इसके सदस्य सचिव होने के साथ साथ ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए नोडल अधिकारी भी होंगे समिति कोविड मरीजों के उपचार के लिए जिलों में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध करवाने के साथ साथ सभी कोविड अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाएं तथा अन्य सम्बंधित सामग्री तथा ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करेगी